यह रिपोर्ट आज संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई

रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने एक सौ छबीस विमानों का जो सौदा किया था उसकी तुलना में नये अनुबंध के अंतर्गत भारत ने सत्रह दशमलव शून्य आठ प्रतिशत धन की बचत की है आईएनटी का उद्देश्य यह था कि दो हजार सात की पिछली खरीद की लागत की तुलना में छत्तीस रफाल विमानों को हासिल करने की लागत को कम किया जाए केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि रफाल के बारे में सीएजी की रिपोर्ट से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के झूठ का पर्दाफाश हो गया है जिससेकि इस बात की एक बार फिर पुष्टि होती है कि सच हमेशा बना रहता है

राज्यसभा ने बिना किसी बहस के आज इसे मंजूरी दे दी लोकसभा इस विधेयक को पिछले सत्र में पारित कर चुकी थी विधेयक के अंतर्गत कृष्ठ रोगियों के अधिकारों को बनाये रखने की व्यवस्था है क्योंकि इस बीमारी का इलाज हो सकता है यह विधेयक तलाक कानून अट्ठारह सौ उनहत्तर मुस्लिम विवाह कानून उन्नीस सौ उन्तालिस की समाप्ति विशेष विवाह कानून उन्नीस सौ चौवन हिंदू विवाह कानून उन्नीस सौ पचपन और हिंदू दत्तक और देखरेख कानून उन्नीस सौ छप्पन में संशोधन से संबंधित है ताकि इन केंद्रीय कानूनों में कुछ रोगियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त हो सके संक्विान आदेश विधेयक दो हजार उन्नीस को भी बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया आज आखिरी दिन सदन में खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन के राष्ट्रीय संस्थानों का विधेयक दो हजार उन्नीस पेश किया गया

नई दिल्ली में मीडिया इकाइयों के पहले वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए श्री राठौर ने कहा कि भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की दक्षता और सत्यनिष्ठा काफी महत्व रखती हैं इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि तेजी से बढ़ती तकनीक के अनुसार खुद को तैयार रखे जाने की जरूरत है

विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और कॉग्रेस के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया ये सदस्य सरकार के कदम को अलोकतांत्रिक बताते हुये मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे भारी शोर शराबे और हंगामें के बीच विघानसभा अध्यक्ष ने सूचनायें पढ़ने की औपचारिकता को पूरा करने के बाद सदन की कार्यवाही को कल तक के लिये स्थगित कर दिया

उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी संगम में आस्था की ड्बकी लगायी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अक्षय वट सरस्वती कूप और लेटे हये हनुमान जी का दर्शन भी किया अमित शाह ने प्रयागराज के कुंभ में कई अखाड़ों के संतों और महात्माओं से मुलाकात भी की

गृह विभाग के विशेष सचिव अखिलेश तिवारी को सीतापुर का जिलाधिकारी बनाया गया है जबकि सहारनपुर की मुख्य विकास अधिकारी को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गयी है महिला विकास विभाग की मेघा रूपम बाराबंकी की संयुक्त मजिस्ट्रेट अरविन्द सिंह प्रयागराज के संयुक्त मजिस्ट्रेट आशीष कुमार गोण्डा संयुक्त मजिस्ट्रेट निशा बदायूं की संयुक्त मजिस्ट्रेट पवन अग्रवाल महराजगंज के और संयुक्त मजिस्ट्रेट मध्सूदन नागराज हुलगी सुल्तानपुर के मुख्य विकास अधिकारी बनाये गये हैं